टीकाकरण में तेजी लाने के दिये गये निर्देश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही बढोतरी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केन्द्र सरकार ने राज्यों से कोविड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा है साथ ही राज्यों से उन स्थानों पर मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है जहां कोविड के मामलों में वृद्धि और इनसे होने वाली मौतों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये बैठक में यह कहा गया कि टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में कोविड मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने के साथ ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे सहित स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव पड़ेगा एक रिपोर्ट बाईट आनंद कुमार बैठक के दौरान राज्यों में अस्पताल वार होने वाली मृत्यु की समीवा उचित रननीति तैयार करने अस्पतालों में देर से प्रवेश संक्ष्मी चिंताओँ को दूर करना और चाष्ट्रीय नैदालिक प्रबंपन प्रोटोकॉल खा पालन करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है

बैठक के दौरान दवाई भी और कठाई भी के संदेत को और उजागर करने की सलाह राज्यो को दी गई है इसके अलावा सची पात्र लामार्थियों के टीकाकरण के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने के बारे में भी सलाह दी गई है दिवाकर के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे लगातार कोविड नमूनों की जांच बढ़ाएं ताकि संक्रमण की दर पांच प्रतिशत या उससे नीचे रहे संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए कन्टेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को मजबूत बनाने और जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है साथ ही टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और टीकों की उपलब्धता के लिए केन्द्र के साथ तालमेल बनाये रखने पर भी बल दिया गया बैठक में बिहार के मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत शामिल हुए देश में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाने का अभियान तेज हो रहा है सोलह जनवरी से शुरू यह अभियान विश्व का सबसे बडा टीकाकरण अभियान बन गया है पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया गया बाद में साठ वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविया उपलब्ध है

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन चुकिन की है टो उसे किसी मी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से चुकिन कराने की आदस्यकता नही है

देरा मर में टीकाकरन केन्द्रों पर पिछले दो दिन में टीका लेने के लिए लोनों में काफी उत्साह देखा जा रहा है सीमाग्य के साथ आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में अब तक बत्तीस लाख उन्नीस हजार दो सौ अंठानवे लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख चौहत्तर हजार छिहत्तर लोगों को टीके दिये गये अब तक दिये गये कुल टीकों में से सत्ताईस लाख छियासठ हजार एक सौ सैंतालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख तिरपन हजार एक सौ इक्यावन लोगों को दूसरी डोज दी गयी है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

पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के छह सौ बासठ नये मामले सामने आये हैं इसमें पटना से सबसे अधिक दो सौ सतासी मामले हैं इसके अलावा गया से पैंतीस भागलपुर से इकतीस और जहानाबाद से तीस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं राज्य में अभी सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार तीन सौ तिरसठ हैं जिसमें सबसे अधिक नौ सौ अंठावन मामले पटना से हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दो सौ चार मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में दो मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ अस्सी हो गया है नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और यूवाओं को कम से कम घर से बाहर निकलने की सलाह दी है

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को जांच की संख्या बढ़ाने और प्रभावितों के संपर्क में आने वालों की पहचान करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही पटना एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला तथा सदर अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एम्स पटना के साथ लगातार संपर्क बनाये रखने की सलाह दी गयी है प्रधान सचिव ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के भी निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य भर में पांच सौ बाईस कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं इनमें से तीन सौ पैंतालीस ग्रामीण क्षेत्र में जबकि एक सौ सतहत्तर शहरी क्षेत्र में हैं श्री अमृत ने कहा कि कोरोना के नये मामले ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक आ रहे हैं इसलिए गांवों में लोगों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है नवादा में संदिग्ध परिस्थितियों में सोलह लोगों की हुई मौत की उच्चस्तरीय जांच शुरू हो गयी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पांच सदस्यों वाली इस टीम का नेतृत्व मद्यनिषेध के आईजी अमृत राज कर रहे हैं टीम के सदस्यों ने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और उत्पाद अधीक्षक से पूरे मामले की जानकारी ली गौरतलब है कि जिले के गोंदापुर में पिछले दिनों से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है मृतकों के परिजनों का आरोप है कि शराब पीने के बाद सभी की तबीयत खराब हुई और बाद में मौत हो गयी प्रदेश के सात जिलों की बारह पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है इनमें सात ग्राम पंचायत चार पंचायत समिति और एक जिला परिषद शामिल हैं सीतामढ़ी के सुरसंड की बगाढ़ी पंचायत को नानाजी देखमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार नालंदा के कोसियावां ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार रोहतास के बिसैनीकला ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना तथा नालंदा के सबैथ दरभंगा के असरहा समस्तीपुर के मोहनपुर और गया के औरांव पंचायत को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण प्रस्कार के लिए चयनित किया गया है इसी प्रकार रोहतास के अकोढ़ी गोला गया के गया सदर तथा इमामगंज और औरंगाबाद की कुटुम्बा पंचायत समिति को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है इसके अलावा इसी पुरस्कार के लिए नालंदा जिला परिषद का भी चुनाव हुआ है इन पंचायती राज संस्थाओं का चयन वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में निष्पादित काम के आधार पर किया गया है केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इन संस्थाओं को पुरस्कृत किया जायेगा राज्य सरकार ने हर घर नल का जल योजना के सामाजिक अंकेक्षण का फैसला किया है इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम कर रही सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी को दी गयी है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण से योजना के तहत की जा रही पेयजल आपूर्ति के हरेक पहलू की जांच होगी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर योजना में सुधार होगा और गड़बड़ी मिलने पर दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी प्रदेश भर का मौसम शुष्क बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आज से प्रबा और दक्षिणी प्रबा हवा चलने की संभावना है जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है हालांकि कल पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में वृद्धि देखी गयी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य के दक्षिण पूर्व जिलों कटिहार बांका भागलपुर मुंगेर खगड़िया और जमुई में अगले दो से तीन दिनों के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छक्कन टोली में देर रात भीषण अगलगी की घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी इस हादसे में बीस घर भी जल कर नष्ट हो गये गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से यह द्र्घटना हुई इधर बांका जिले के धरैया प्रखंड के बबुरा गांव में अगलगी की घटना में तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं पश्चिमी चंपारण जिले के बैजुआ पंचायत के जगदीशपुर में आग लग जाने से लगभग साठ घर जल कर नष्ट हो गये इस हादसे में दो मवेशियों की भी जलकर मौत हो गयी दरभंगा हवाई अड्डा परिसर से पुलिस ने एक युवक को तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार यूवक मूम्बई जा रहा था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां कोरोना के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबरें आज के अधिकांश समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है पटना में मिले दो सौ सतासी संक्रमित आज से बनेंगे कंटेनमेंट जोन प्रभात खबर ने लिखा है बिहार में निन्यानवे दिनों के बाद मिले सबसे अधिक कोरोना मरीज देश में छह माह के शिखर पर कोरोना संक्रमण मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता देते हुए लिखा है हृदय में छेद वाले बच्चों को सीएम ने इलाज के लिए अहमदाबाद रवाना किया दैनिक भास्कर की सुर्खी है नवादा में चार और की मौत परिजन बोले वजह शराब दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने बिहार के पंचायतों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

टीकाकरण में तेजी लाने के दिये गये निर्देश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही बढोतरी